उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिये प्रमुख खतरा हैं

उन्होंने कहा कि दूनिया इस वास्तविकता से चकित है कि भारत ने साठ महीनों में साठ करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिये ग्यारह करोड़ शौचालयों का निर्माण किया है श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण भारत भी खुले में शौच से मुक्त हो गया है

श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र जल संरक्षण के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन पर तीन लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रहा है उन्होंने लोगों से जल स्रोतों को रिचार्ज करने और स्थानीय स्तर पर पानी को दोबारा उपयोग में लाने में सहयोग करने का आहवान भी किया बाइट अपने घर में अपने गांव में अपनी कॉलोनी में वाटर रिचार्ज के लिए वाटर रिसाइक्लींग के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं वो करने चाहिए सरकार ने जल जीवन मिशन पर साढ़े तीन लाख करोड़ रूपये खर्च करने का फैसला किया है लेकिन देशवासियों की सक्रिय भागीदारी के बिना इस विराट कार्य को पूरा करना मुश्किल है इससे पहले प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की

श्री शाह आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने के बाद बोल रहे थे

कश्मीर के विकास में जो अवरोध थे वो सारे अवरोध हट चुके हैं और मुझे भरोसा है दस साल के अंदर हमारा कश्मीर देश का सबसे विकसित राज्यों की सूची के अंदर आयेगा और आज ये रेलवे के माध्यम से इसकी शुरूआत हुई है

पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी इस साल फरवरी में दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरूआत को वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए नवरात्र का उपहार बताया है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में कहा कि प्रदेश के विकास का एजेंडा किसी विशेष धर्म जाति या भाषा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की अवधारणा पर हर वर्ग के विकास के लिये काम कर रही है श्री योगी ने कहा कि सदन में संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास के लक्ष्यों पर विचार विमर्श करके कार्य योजनाएं बनाई जायेंगी गौरतलब है कि विपक्ष के बहिष्कार के बावजुद आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य और वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव नितिन अग्रवाल और बहजन समाज पार्टी के विधायक असलम रायनी ने सदन की कार्यवाही में भाग लिया

सदन में मंत्री और सदस्यों को बोलने का समय निर्धारित कर दिया गया है सदस्यगण अपने अपने क्षेत्रों के आधारभूत मुद्दों और समस्याओं को उग रहे हैं जिन्हें प्रदेश के लिए नीति निर्धारण में शामिल किया जायेगा और ये महात्मा गांधी के समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के सपने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा सदन में गरीबी समाप्त करने स्वास्थ्य और स्वच्छता जलवायु परिवर्तन प्लास्टिक पर प्रतिबंध शिक्षा और उच्च जीवन स्तर जैसे मुद्दों पर संभाषणों ने सदस्यों की बेहद तालियां बटोरी एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में विधानसभा की ग्यारह सीटों पर होने वाले उप चुनाव के लिये नामांकन पत्र वापस लेने की आज आखिरी तारीख के बाद इन सभी सीटों पर कुल एक सौ दस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लखनऊ कैंट और अम्बेडकर नगर की जलालपुर सीट से सबसे अधिक तेरह तरह प्रत्याशी राजनैतिक भाग्य आजमायेंगे जबकि घोसी में बारह सहारनपुर की गंगोह प्रतापगढ़ और बहराइच की बलहा सुरक्षित सीट से ग्यारह ग्यारह कानपुर की गोविन्दनगर सीट और मानिकपुर से नौ नौ और रामपुर जदपुर तथा इगलास से सात सात प्रत्याशी चुनावी समर में हैं इन सभी सीटों पर इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा और चौबीस अक्टूबर को मतों की गिनती होगी

ट्रेन संचालन की तैयारियों और विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित भारत की इस पहली कॉरपोरेट ट्रेन के बारे में इंडियन रेल केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अश्वनी कुमार ने हमारे संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी को बताया तेजस ट्रेन को कल से शुरू करने के लिये पूरी तैयारियां हो चुकी है ट्रेन का सफल ट्रायल हम पहले ही कर चुके हैं इसके अलावा आज बोर्ड यात्रियों को सुविधाएं दी जानी है वह सारी पूरी कर ली गई है यात्रियों की बुकिंग का भी काफी अच्छा रिस्पांस है

निश्चित रूप से यह एक बिजनेस क्लास सेंगमेंट के लिये ट्रेन है जो दिल्ली वर्किंग टाइम तक जो बिजनेस टाइम में पहुंच सके दोपहर में तो उनके लिये यह ट्रेन काफी उपयोगी होगी इसके अलावा ट्रेन में हम ऐसी सुविधाएं देने जा रहे है कि सभी क्लास के लोग ट्रेन में यात्रा का लाभ उठा सके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गांधी संकल्प यात्रा की क्रम में आज सांसद मेनका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में पद यात्रा कर ग्रामीणों को गांधी जी के आदर्शो का संदश दिया इसौली विधानसभा क्षेत्र के बभनगवां गांव में पद यात्रा क दौरान आकाशवाणी प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिये मौजूदा मोदी सरकार गंभीरता से काम कर रही है

उधर सिद्धार्थनगर में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कई गांवों में पद यात्रा की उन्होंने कहा कि इस संकल्प पद यात्रा का उद्देश्य लोगों को गांधी के आदर्शो से परिचित कराने के साथ साथ उनकी अवधारणा के आधार पर भारत निर्माण के लिये प्रयास करना है

समाप्त